उन्होंने आज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में चनावी सभा को संबोधित करते हए कहा कि इसे घोषणा पत्र की बजाए लोकतंत्र के नाम पर पाखंड कहा जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए बीज और उनकी फसल के लिए बाजार का तंत्र स्थापित किया और प्रधानमंत्री किसान योजना लाग की है प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल में भी पार्टी के चनाव अभियान की शुरुआत कीं

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी आज शाम केरल के कोझिकोड पहुंच रहे हैं और वे कल वायनाड सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे बाद में वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति इग्नू उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि इसकी पहुंच इंटरनेट के जरिए देश के हर कोने में है

इस अवसर पर श्री नायड ने विश्वविद्यालय में देशभर के दो लाख से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं मतदाता जागरुकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन गतिविधियों में भी तेजी आ गई है शहडोल लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरुक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है शहडोल संभागायुक्त शोभित जैन ने अटरिया सहित आधा दर्जन गांवों में मतदाताओं को मतदान का संकल्प दिलाया वहीं नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी मतदान की शपथ ली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रही हैं स्वसहायता समूह की सदस्य भी अभियान में शामिल हो रही हैं जिले में पीठासीन अधिकारियों और मतदान दलों का दो दिवसीय प्रशिक्षण भी आज से शुरू हो गया शिवपुरी जिले में कालेज छात्रों ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरुक किया वहीं छात्रों ने खुद भी मतदान की शपथ ली सतना जिले में प्रति सप्ताह बुधवार को स्वीप प्लान के तहत चुनावी पाठशाला आयोजित की जायेगी

भाजपा आरोप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है

श्री सिंह ने कश्मीर में सेना के अधिकारों को कम करने के वादे को लेकर भी आपत्ति जाहिर की है कांग्रेस थीम सॉग प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी ने अपना थीम साँग तैयार किया है

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे

आगर मालवा जिले में पांच के उम्र तक के चौरासी हजार से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए सात सौ से अधिक बूध बनाय गये हैं लोकायुक्त कार्यवाही इन्दौर जिले के महू में कल लोकायुक्त पुलिस ने शिक्षा विभाग के मानपुर संक्ल के लेखापाल को पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार कर लिया लेखापाल ने सेवानिवृत्त शिक्षक से एक प्रकरण के सिलसिले में रिश्वत की मांग की थी सेवानिवृत्त शिक्षक ने इस संबंध में लोकायुक्त पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई थी एक अन्य कार्यवाही में धार जिले के बदनावर में लोकायुक्त पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को आशा कार्यकर्ता से सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है

इस दौरान नगर पालिका द्वारा अन्य साधनो से आपूर्ति की जायेगी